राज्य सरकार ने शुरू की कृषि ऋण माफी योजना जामताड़ा के मोलिंद्र बेसरा बने पहले लाभुक

और रांची से अहमदाबाद के बीच सीधी विमान सेवा आज से शुरू यात्रियों को होगी सुविधा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

नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है झारखंड के नौजवानों को बड़ी संख्या में नौकरी मिलेगी

इसके लिए राज्य सरकार कानून बना रही हैं मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज दुमका के गांधी मैदान में झामुमो के स्थापना दिवस पर की है

झामुमो के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने कार्यक्रम के दौरान झामुमो का झंडा फहराया और शहीद वेदी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए

कोरोना महामारी की चुनौती से निबटते हुए झारखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है

इसके तहत मात्र एक रूपये सेवा शुल्क चुका कर किसानों का पचास हजार तक का अधिकतम ऋण राशि प्रति लाभुक की स्वीकृति प्रदान की गई है जामताड़ा जिले के करमाटांड प्रखंड के ताराबहाल गांव के किसान मोलिंद्र बेसरा कृषि ऋण माफी योजना के पहले लाभुक बने हैं वहीं जिले के कर्माटांड प्रखंड के राकेश कुमार आशीष कुमार दास कामदेव महतो एवं बाबूजन बेसरा का भी पचास हजार रूपये तक का कृषि ऋण राज्य सरकार ने माफ करने की घोषणा की है योजना का लाभ पाकर लाभुक किसान काफी खुश हैं और सरकार की इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं

विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर तुरन्त चर्चा कराने को लेकर सदन के बीचोंबीच आ गए और नारे बाजी करने लगे

उन्होंने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों के आंदोलन की बात को भी शामिल किया गया है श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल धन्यवाद प्रस्ताव के लिए होने वाली चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्य किसानों के आंदोलन के मुद्दे को उठा सकते हैं विपक्षी दलों ने सभापति को कार्य स्थगन के लिए नोटिस देकर किसानों के मुद्दे को हल करने की मांग की थी विपक्षी दलों में कांग्रेस डीएमके पार्टी तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों ने किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर त्रंत सदन में चर्चा करने की मांग की सभापति ने जब उनकी मांगें नहीं मानी तो वे सदन से वॉकआउट कर गए शेयर बाजार ने इस साल के बजट पर बहत अनुकूल प्रतिक्रिया दी है

मजबूत वैश्विक संकेतों के साथ बजट पर अनुकूल प्रतिक्रिया देते हुए निवेशकों द्वारा की गई खरीदारी के कारण आज सुचकांक में करीब तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई निफ्टी में लगभग सभी क्षेत्रों के सूचकांकों में भी तेजी देखी गई

रैली मनिका हाई स्कूल के मैदान से शुरू होकर प्रखंड कार्यालय तक निकली कार्यकम की अध्यक्षता ग्राम स्वराज मजदूर संघ के अध्यक्ष कमलेश उरांव ने की इस दौरान झारखंड मनरेगा वॉच के राज्य समन्वयक जेम्स हेरेंज ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की

स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा महत्वपूर्ण घटना के सौ वर्ष पूरे होने पर दो दिन का शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक डाक टिकट इस घटना को समर्पित करेंगे इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी इससे पूर्व छह अप्रैल से प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू होगी यह जानकारी जैक अध्यक्ष ने दी वहीं सीबीएसई ने भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चार मई से लेने की घोषणा की है

प्रायोगिक परीक्षाएं एक मार्च से शुरू होंगी वहीं परीक्षा परिणाम पन्द्रह जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा

जिला प्रशासन की ओर से किये जा रहे इस विशेष प्रयास का लोग सराहना कर रहे हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग के लिए देश में कोविड टीकों के उत्पादन की अनुमति दी है

श्री चौबे ने यह भी बताया कि कोविड टीकों के सामान्य दृष्प्रभावों में सिरदर्द दाने ठंड लगना थकान बुखार चक्कर आना और सूजन शामिल हैं

इसके बाद राजस्थान कर्नाटक और महाराष्ट्र में सर्वाधिक टीके लगाये गये रांची से अहमदाबाद के लिए आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो रही है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि रांची से अहमदाबाद के लिये विमान सप्ताह में तीन दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी उन्होंने बताया कि शाम छह बजकर बीस मिनट पर अहमदाबाद से टेक ऑफ कर विमान शाम को सात बजकर चालीस मिनट पर रांची पहुंचेगा फिर यही विमान रांची से आठ बजकर बीस मिनट पर उड़ान भरेगा और नौ बजकर तीस मिनट पर अहमदाबाद पहंचेगा इससे पहले अहमदाबाद जाने के लिए यात्रियों को वाया कोलकाता जाना पड़ता था

झारखंड उच्च न्यायालय में चौदह जनवरी को इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी करीब दस महीने बाद फिजिकल सुनवाई हो रही है न्यायालय ने फिजिकल सुनवाई के लिए अदालतों को तीन श्रेणी में बांटा है जिन जिलों में कोरोना के पचास से कम सक्रिय केस हैं वहां पचास फीसदी फिजिकल कोर्ट बैठेगी वहीं जिन जिलों में पचास से सौ तक सक्रिय केस हैं वहां एक तिहाई फिजिकल और दो तिहाई वर्च्अल कोर्ट बैठेगी

इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए आने जाने हेतु एक बस की भी व्यवस्था करने की घोषणा की है

अगलगी की इस घटना में लाखों रुपए की परिसंपत्ति का नुकसान हआ है

रामगढ़ पुलिस ने तीन कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है